मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश विश्व मृदा दिवस पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित विपिन परमार बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रहे एम्स के बाद अब प्रदेश में एम्स की तर्ज पर आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भी खुलेगा स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में प्रैस क्लब ऑफ शिमला द्वारा आयोजित प्रैस से मिलिए कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा है पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की कमी जल्द पूरी होगी और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के दो सौ पद भरे जाएंगे

उन्होंने कहा कि सभी नए डॉक्टरों को प्रदेश में कम से कम पांच साल तक सेवाएं देनी होगी और इसके लिए मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव लाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार की सभी योजनाओं के तहत प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं

प्रदर्शन वैन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओकओवर से राज्य सहकारी बैंक की मोबाईल प्रदर्शन वैन का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक की ये पहल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्व होगी जयराम ठाकुर ने बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे एटीएम व रूपेकार्ड से लेनदेन में भी सहायता मिलेगी

राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे

राज्य सरकार ने नुक्सान की रिपोर्ट केंद्र से वित्तीय सहायता की संस्तुति के लिए आज केंद्रीय अंतर मंत्रालय की टीम को प्रस्तुत की अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा ने बताया कि अंतर मंत्रालय के केंद्रीय दल ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने मंडी प्रवास के दौरान केंद्रीय दल को बरसात के कारण हुए नुक्सान से अवगत करवाकर केंद्र से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की संस्तुति करने का आग्रह किया था जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि समाज को नशा मुक्त व स्वस्थ बनाने और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए अभिभावकों अध्यापकों और सभी नागरिकों को शामिल कर एक वृहद जन अभियान चलाने की जरूरत है सोलन जिले के बद्दी में आज राज्य स्तरीय नशा निवारण रैली में युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए मुख्यमंत्री ने अभिभावकों और शिक्षकों से युवाओं की हर गतिविधि पर ध्यान देने का आहवान किया ताकि उन्हें नशे से दूर रखा जा सके उन्होंने कहा कि सरकार नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून लाएगी और बददी में एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जाएगा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई सांसद वीरेंद्र कश्यप और स्थानीय विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने भी इस मौके अपने विचार व्यक्त किए मेनका गांधी महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के छात्रावासों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है इनके अंतर्गत तय किया जाएगा कि कम से कम ऐसे मानक तो होने ही चाहिए जिनसे बच्चों की ठीक से देखरेख हो सके केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने ऐसे दिशा निर्देश तैयार करने का फैसला किया है जिनसे बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा और समुचित ढंग से रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई सकेगी साथ ही ऐसे छात्रावासों का निरीक्षण भी किया जाएगा महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास अपनी प्राथमिकता बताया है वे आज क्षेत्र के हयोलग पैहड़ सड़क पर मकड़नाला और पाटीनाला पर पुल का शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल सड़क और सिंचाई सहित अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं घर द्वार पर उपलब्ध हो सके उन्होंने कहा कि हयोलग गांव में नया विद्युत ट्रांस्फार्मर जल्द ही स्थापित किया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाईन आवेदन प्रकिया के लिए अधिनियमों नियमों और विनियमों में सरलीकरण की जरूरत बताई है शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए और ब्यौरे के साथ हमारे संवाद्दाता संजीव सुंद्रियाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निचले स्तर तक सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कार्यालयों में आवाजाही कम होगी और लोग अपने मामलों का निपटारा ऑनलाईन करवाने में सक्षम होंगे जयराम ठाकुर ने विभागों को उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के वर्तमान मानको की समीक्षा करने के निर्देश दिए और प्रकिया में बदलाव व सरलीकरण के लिए अपेक्षित मामलों को सुझावों सहित मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बिलों के भुगतान राजस्व संबंधी दस्तावेजों और अन्य प्रमाण पत्रों को जमा करने के लिए ऑनलाईन सेवाओं का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

इस वर्ष का विषय है मृदा प्रदूषण को कम करने का हल निकालें इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग के समीप विलिंग गांव में किसानों और बागवानों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता करते हुए जिला कृषि अधिकारी हेमराज वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

इस बीच किसानों ने भी कार्यशाला को बेहद फायदेमंद बताया

उन्होंने किसानों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया

शिविर में जिले के विभिन्न खंडों के करीब एक सौ पचास किसानों ने भाग लिया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राजकीय महाविद्यालय ऊना को कलस्टर यूनिवर्सिटी या प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के तौर पर विकसित करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा वे आज महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मंडी में प्रदेश की पहली कलस्टर यूनिवर्सिटी को शुरू कर दिया गया है शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने धर्मशाला व देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉलेजों को औद्योगिक इकाईयों के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवा रोजगार भी प्राप्त कर सके सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों सहित कॉलेज के विद्यार्थियों को भी लैपटॉप प्रदान करेगी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिक्षा के विकेंद्रीकरण पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक युवाओं को उनके घर द्वार के समीप बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित हो सके सांसद अनुराग ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में तीन ई यानि एजुकेशन एम्पलॉयमेंट और एम्पावरमेंट पर कार्य करने की जरूरत पर बल दिया बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और कमजोर वर्ग के लोगों का आर्थिक उत्थान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर क्षेत्र के संसारपुर टैरेस में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही

बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को विभिन्न विकास कार्यो को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए इस मौके उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गोविंद ठाकुर वन व परिहवन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू मनाली वामतट मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा मनाली के समीप अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व संबद्ध खेल संस्थान में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण शिविर की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये बात कही गोबिंद ठाक्र ने कहा कि कुल्लू मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग को चौड़ा करने के कार्य के चलते भूस्खलन से छियाल गांव को खतरा पैदा हो गया है उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और लोकनिर्माण विभाग को सुरक्षा दीवार लगाने के निर्देश दिए इस बीच मनाली में एक कार्यक्रम में गोविंद ठाकुर ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए